देशवासियों र्से कोरोना के खिलाफ एकजुट होने की अपील

कल होगी नामांकन पत्रों की जांच विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये कल जारी होगी अधिसूचना

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारम्भ किया त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस जन आंदोलन में सभी से सहभागिता करने की अपील की है

उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे भारत को कोविड उन्नीस से मुक्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जायेगा साउंड बाईट जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो सुरक्षा कवच के त्री सूत्र ही हैं मास्क सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना ये तीन सुत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्री सूत्री बचाव है के बारे में जनआदोलन शुरू होगा लोगो के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर पोस्टर स्टीकर्स लगेंगे जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं ऐसे सभी जगह ये एक जनचेतना की मुहिम चलेगी सोशल मीडिया में मी कैपिन चलेगी पूरे देश की समी संस्था समाज के मान्यवर लोग और बाकी मी सामान्य जनता इसमें शॉमिल होगी

ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहे इसलिए जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढि़लाई नहीं कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना दो गज दूरी मास्क है जरूरी

लोकगीत नाट्य की जानी मानी कलाकार तीजन बाई ने भी लोगों से कोविड उन्नीस से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

साथ साथ में हाथ बिना धोए नाक मृंह न छओ दस जन बारह जन एक साथ में रह न सकें कम से कम एक मीटर दूरी होकर काम करें

माना घर में रहो तो कोई बात नहीं बाहर में थोड़ा भी निकलो तो मुंह बांध लेवा और बांध कर निकलो

विधानसभा चूनाव के प्रथम चरण में अठाईस अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया नामांकन पत्रों की कल जांच होगी ग्यारह अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं इस चरण में सोलह जिलों के इकहत्तर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है आज औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शंकर और भाजपा उम्मीदवार तथा पूर्व मंत्री रामाधार सिंह सासाराम से लोजपा उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया बक्सर से भाजपा उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी डुमरांव से जदयू उम्मीदवार अंजुम आरा ब्रह्मपुर से लोजपा प्रत्याशी हुलास पांडेय ओबरा से लोजपा के प्रकाश चंद्रा बरबीघा से लोजपा के डॉक्टर मध्रकर बाढ़ से कांग्रेस के सत्येन्द्र बहादुर और मसौढ़ी से राजद की रेखा देवी ने नामांकन के पर्चे दाखिल किये श्रम संसाधन मंत्री सह भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार अनिश ने लखीसराय से लोजपा के रविशंकर प्रसाद ने सूर्यगढ़ा से शेरघाटी से लोजपा के कृष्णा यादव लोजपा के मृणाल शेखर ने अमरपुर से और बसपा के प्रत्याशी श्याम बिहारी राम ने चेनारी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिये जदयू के रणधीर कुमार सोनी राजद के विजय कुमार लोजपा के इमाम गजाली बरबीघा से लोजपा के मध्कर कुमार और रालोसपा के मृत्युंजय कुमार अरवल से भाजपा के दीपक शर्मा तथा कुर्था से राजद के बागी कुमार वर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया बिहार विधान परिषद् के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों के लिये एक सौ पांच उम्मीदवार मैदान में रह गये हैं नाम वापस लेने के अंतिम दिन आज स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया इसके बाद कुल साठ उम्मीदवार मैदान में रह गये हैं जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये कुल पैंतालीस उम्मीदवार मैदान में हैं विधान परिषद् की इन सीटों के लिये बाईस अक्टूबर को मतदान होगा जबकि मतगणना बारह नवम्बर को होगी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी इस चरण में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दरभंगा सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर और पटना सहित सत्रह जिलों की चौरानवे सीटों पर मतदान तीन नवम्बर को होगा नामांकन भरने की अंतिम तिथि सोलह अक्टूबर है नामांकन पत्रों की जांच सत्रह अक्टूबर को होगी जबकि नामांकन वापस लेने की तिथि उन्नीस अक्टूबर निर्धारित है सांसद असदुद्दीन औवेसी की पार्टी एआईएमआईएम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर नया गठबंधन ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट का गठन किया है इस गठबंधन में समाजवादी जनता दल जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट और भारतीय समाज पार्टी भी शामिल हैं पटना में रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और सांसद श्री ओवैसी ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में इसकी घोषणा की इस मौके पर बसपा के नेता भी मौजूद थे इस फ्रंट के संयोजक पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवेन्द्र यादव होंगे इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने बयालीस उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने पूर्व विधायक अजय प्रताप को जमुई से और डॉक्टर रणविजय कुमार को गोह से अपना उम्मीदवार बनाया है इस बीच लोजपा ने भी पहले चरण के बयालीस उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है लोजपा ने झाझा से विधायक रवीन्द्र यादव सासाराम से पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और पालीगंज से पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी को टिकट दिया है इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी ने चकाई से एलीजाबेथ सोरेन और धमदाहा अशोक कुमार हांसदा को प्रत्याशी बनाया है इसके अलावा झाझा कटोरिया और मनिहारी सीट से भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश सिंह ने आज जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के समक्ष जदयू की सदस्यता ग्रहण की वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एनडीए में शामिल होने के बाद जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनके नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया पूर्व विधायक और जदयू नेता रामजतन सिन्हा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है पूर्व विधायक और राजद नेता विक्रम कुंवर ने पार्टी से इस्तीफा देकर जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गये हैं वहीं समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय के पूर्व विधायक शील कुमार राय राजद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गये सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोतिलाल प्रसाद और शेखपुरा से राजद उम्मीदवार विजय सम्राट के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं सासाराम से रालोसपा के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह को नामांकन दाखिल करने के बाद एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है प्रदेश में अब तक एक लाख अस्सी हजार तीन सौ संतावन कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह एक प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार छह रोगियों को उपचार के बाद छ्टटी दी गयी वहीं इसी अवधि में दो मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ उनतीस हो गयी है आज कोविड उन्नीस के एक हजार दो सौ चौवालीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बानवे हजार छह सौ इकहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आज पटना में तीन सौ बारह नये मामलों की पुष्टि हुई है अररिया में पचास पश्चिम चंपारण में अड़तालीस नालंदा में तैंतालीस सुपौल में बयालीस और गया में इकतालीस नये मामलों की पूष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या ग्यारह हजार तीन सौ चौरासी है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर पचासी दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तिरासी हजार ग्यारह रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल अंठावन लाख सताईस हजार सात सौ चार लोग स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के अठहत्तर हजार पांच सौ चौबीस नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की कुल संख्या अड़सठ लाख पैंतीस हजार छह सौ पचपन हो गयी है वहीं इसी अवधि में नौ सौ इकहत्तर मरीजों की मृत्यु के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख पांच हजार पांच सौ छब्बीस हो गया है गया से दिल्ली के लिये आज से हवाई सेवा शुरू हो गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सप्ताह में तीन दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार को दिल्ली के लिये यह सेवा उपलब्ध रहेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा दो हजार इक्कीस के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है इंटर की परीक्षा दो से तेरह फरवरी तक होगी जबकि मैट्रिक की परीक्षा सत्रह से चौबीस फरवरी के बीच आयोजित की जायेगी मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं इस बार जनवरी दो हजार इक्कीस में ही ले ली जायेगी गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनी बाजार के पास से पुलिस ने एक वाहन से अड़तीस कार्टन शराब बरामद की है भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आ जाने से सैप के एक जवान की मौत हो गयी कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में आज पांच लोगों की मौत हो गयी वहीं जिले के बारसोई थाना क्षेत्र स्थित लगवादास गांव में अगलगी की घटना में चार घर जलकर नष्ट हो गये

देशवासियों र्से कोरोना के खिलाफ एकजुट होने की अपील

कल होगी नामांकन पत्रों की जांच विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये कल जारी होगी अधिसूचना